न्यूयॉर्क के ब्लूमबर्ग ग्लोबल व्यापारिक मंच में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निवेशकों और भागीदारों के लिए भारत आदर्श मंजिल और सुनहरा अवसर है प्रधानमंत्री ने पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत की तेज प्रगति के मंत्र को रेखांकित किया और अमरीकी उद्योग घरोनों को भारत में निवेश का न्योता सौंपा उन्होंने कहा कि सरकार के सपनों से मेल खाती उद्योगपतियों की इच्छाएं और तकनीकि प्रतिभा के मेल से विश्व में बदलाव आ सकता है उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया और स्टार्ट अप्स सरकार की प्राथमिकताएं हैं श्री मोदी ने कहा कि जब से उनकी सरकार सत्ता में लौटी है उसमें निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से राज्य में पर्यटन के विकास पर ध्यान देने की अपील करते हुए कहा है कि पर्यटन विभाग के अधिकारी राज्य में पर्यटन क्षेत्र के प्रोत्साहन पर ध्यान दे न कि विभाग से जूड़े निर्माण कार्यों पर कल ईटानगर में विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पर्यटन विभाग द्वारा ऐसे बहुत से निर्माण कार्य करा लिए गए है जिनकी उपयोगिता नहीं है उन्होंने कहा कि परियोजनाओं पर काम करने के बजाय पर्यटन अधिकारियों द्वारा व्यक्ति केंद्रित योजनाओं पर ध्यान दिया गया श्री खांडू ने बताया कि पर्यटन सहित ऐसे सभी विभाग जो इंजीनियरिंग से नहीं जुड़े हुए है ऐसे सभी जगहों से इंजीनियरिंग विंग को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए पर्यटन मंत्री नापाक नालो ने कहा कि स्वदेश दर्शन के अंतर्गत किए जाने वाले निर्माण कार्यों को निश्चित अवधि में पूरा कर लिया जाना चाहिए बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित जिलों के पर्यटन अधिकारी उपस्थित थे राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने स्कूली शिक्षा से जुड़े प्रधानाध्यापकों और अध्यापको से आह्वान करते हुए कहा है कि वे पूरे समर्पण और लगन के साथ न सिर्फ छात्रों के भविष्य का निर्माण करे बल्कि समाज की नई पीढ़ी को बनाने में अपनी सक्रिय रचनात्मक भूमिका निभाएं कल अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा सचिवालय के दोरजी खांडू सभागार में प्रदेश के विद्यालयों के प्रमुखों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नई पीढ़ी के भविष्य को सवारने में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें समाज में एक आदर्श उदाहरण पेश करना चाहिए राज्यपाल ने प्रदेश के विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों को तत्काल भरने और दूर दराज के इलाकों के विद्यालयों में शिक्षको की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा इस अवसर पर शिक्षामंत्री ताबा तेदिर और शिक्षा सचिव मधुरानी तेवतिया ने भी संबोधित किया उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा है कि अकेले अरुणाचल प्रदेश अटठावन हजार एक सौ साठ मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है जो भारत की कुल जल विद्युत क्षमता का चालीस प्रतिशत है कल नई दिल्ली में जल विद्युत उत्पादकों के साथ एक समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्यूत उत्पादन लंबे समय तक चलने वाली उपलब्धता और विश्वसनीयता के मानकों को पूरा करती है साथ ही यह राज्य और देश के दीर्घकालीन विकास और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है बैठक में कुल बत्तीस जल विद्युत उत्पादक शामिल थे राजधानी क्षेत्र के ईटानगर में स्थित राजभवन परिसर में आज स्वच्छता ही सेवा के तहत प्लास्टिक मुक्त भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर राजभवन के सुरक्षा कर्मी आस पास के स्कूली छात्रों स्थानीय लोगों और स्वच्छ भारत अरवान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचावीं जयंती के अंतर्गत राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और प्रथम महिला नीलम मिश्रा के प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कूड़ों को अलग अलग भागों में बांटने और उसका निपटारा करने के बारे में जानकारी दी गई इस मौके पर राजभवन द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान और प्रथम महिला की स्वच्छता और पर्यटन संरक्षण अभियान को प्रदर्शित किया गया